अब तक छह सौ एक लोगों की महामारी से मृत्यु

प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ की स्थिति गम्भीर बनी हुई है कई नये इलाकों के बाढ़ की चपेट में आने से प्रभावित लोगों की संख्या लगभग चौरासी लाख हो गयी है सोलह जिलों में एक हजार तीन सौ तैंतीस पंचायत बाढ़ की चपेट में हैं गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी के कारण पटना खगड़िया मुंगेर भागलपुर बेगूसराय और कटिहार जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है मुंगेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि दियारा क्षेत्र के साथ तटवर्ती इलाके बाढ़ की चपेट में हैं सदर प्रखंड के कुतुलपुर जाफर नगर और टीकारामपुर पंचायत के लगभग सभी गांव बाढ़ की चपेट में हैं बरियारपुर प्रखंड और मुंगेर शहर के कई मुहल्लों में बाढ़ के कारण लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है भागलपुर जिले में गंगा और कोसी नदी में उफान के कारण सबौर कहलगांव और पीरपैंती प्रखंड के कई इलाके बाढ़ की चपेट में है हमारे संवाददाता ने बताया कि गंगा नदी का पानी भागलपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज की चहारदिवारी को छूने लगा है

जिला प्रशासन ने बाढ पीडितों के लिए पंद्रह शिविर बनाये हैं इनमें लगभग साढे तीन हजार लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गयी है बाढ के चलते लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो रही है

आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से रामप्रकाश गुप्ता खगड़िया जिले में गोगरी और परबत्ता प्रखंड की कई पंचायतें बाढ़ के पानी से घिर गई हैं इधर कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया कि मनिहारी अनुमंडल क्षेत्र में कई पंचायतों में गंगा नदी से भीषण कटाव हो रहा है बाढ़ के चलते प्राणपुर मनिहारी अमदाबाद और बरारी प्रखंड में कई पंचायतों का सड़क सम्पर्क मुख्यालय से भंग हो गया है वहीं गंडक बराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण गोपालगंज सारण और मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ की स्थिति अब भी गम्भीर बनी हुई है गोपालगंज के बरौली और सिधवलिया बाजार क्षेत्र बाढ़ से घिरे होने के कारण टाप् की तरह दिख रहे हैं कई सड़क मार्ग जगह जगह से ट्रट गये हैं जिले में छपरा सत्तर घाट महमदपूर मशरख स्टेट हाई वे पर कई जगह पानी का तेज बहाव हो रहा है सारण जिले के तरैया मकेर और परसा प्रखंड में कई पंचायत जलमग्न है सड़के पानी में ड्बी होने के कारण लोगों को आवाजाही और आवश्यक कार्यों के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है इधर दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद कई स्थानों पर हुई तबाही दिख रही है

जिले के बगहा दो प्रखंड के झंडवा और चकदहा गांव के पास गंडक नदी के तीव्र कटाव को रोकने के लिए ग्रामीणों ने ग्राम आपदा प्रबंधन समिति और एसएसबी के जवानों के सहयोग से श्रमदान और अंशदान किया गोरखपुर एनवायरमेंटल ग्रुप और लूथरन वर्ल्ड रिलीफ के सदस्यों ने भी सहयोग किया राज्य सरकार ने कहा है कि बाढ़ पीड़ितों को सीधे उनके बैंक खाते में छह छह हजार रूपये की सहायता राशि दी जा रही है अब तक नौ लाख बासठ हजार बाढ़ पीड़ितों के खाते में पांच सौ सतहत्तर करोड़ रूपये की सहायता राशि दी गयी है इधर केन्द्रीय जल आयोग ने कहा है कि गंगा नदी के जलस्तर में पटना और भागलपुर जिले में कई स्थानों पर तेजी से बढ़ोतरी की सम्भावना है पटना के गांधी घाट हाथीदह और भागलपुर के कहलगांव में नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है वहीं सोन नदी के जलस्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है पटना के मनेर में नदी का जलस्तर लाल निशान के नजदीक रिकॉर्ड किया गया है इधर बूढ़ी गंडक का जलस्तर भी समस्तीपुर के रोसड़ा में तेजी से बढ़ा है यह अभी लाल निशान से लगभग डेढ़ मीटर ऊपर बना हुआ है हमारे संवाददाता ने बताया कि कटिहार जिले में गंगा नदी मनिहारी और बरारी में लाल निशान से करीब तेईस सेंटीमीटर ऊपर बह रही है हालांकि जिले में कोसी नदी का जलस्तर स्थिर है राज्य की अन्य प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी हो रही है वहीं कई स्थानों पर नदियों के जलस्तर की प्रवृत्ति स्थिर बनी हुई है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है वहीं कुछ स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश की भी आशंका है मौसम वैज्ञानिक रौशन कुमार ने बताया कि प्रदेश में मॉनसून सामान्य है

वहीं मधेपुरा पूर्णियां कटिहार और पूर्वी चम्पारण जिले में कुछ स्थानों पर साठ मिलीमीटर से सत्तर मिलीमीटर तक वर्षा दर्ज की गयी भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक आज से पटना स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में शुरू हुई बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने की पार्टी के नवनियुक्त राज्य चुनाव प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा है कि एनडीए सरकार के नेतृत्व में राज्य का तेजी से विकास हुआ है वीडियो कांफ्रेंस के जरिये अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में विकास पथ पर आगे बढ़ाया है दो दिवसीय इस बैठक के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जा रही है बैठक को भाजपा के राज्य प्रभारी भूपेन्द्र यादव ने भी संबोधित किया कल पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा भी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे प्रदेश में कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर लगभग एक लाख बीस हजार हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार आज राज्य में दो हजार दो सौ अड़तीस नये मामले सामने आये हैं सबसे अधिक दो सौ उनासी मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है पूर्वी चम्पारण जिले से एक सौ तैंतालीस मधुबनी से एक सौ तेरह पूर्णियां में एक सौ एक गया से तिरासी संक्रमण के मामले सामने आये हैं इसके अलावा अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के विभिन्न अस्पतालों में लगभग चौबीस हजार संक्रमितों का इलाज चल रहा है महामारी से राज्य में अब तक छह सौ एक लोगों की मृत्यु हुई है इधर स्वस्थ होने वालों की दर उनासी प्रतिशत से अधिक हो गयी है अब तक पंचानवे हजार तीन सौ बहत्तर लोग स्वस्थ हो चुके हैं केन्द्र सरकार की मदद से राज्य के आठ जिलों में कोविड जांच के लिए आरटीपीसीआर प्रयोगशालाओं की स्थापना की जायेगी केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि बक्सर कैमूर बांका नालंदा और पश्चिम चम्पारण जिले में इन प्रयोगशालाओं की स्थापना होगी जबकि पीएम केयर्स फंड की मदद से पूर्वी चम्पारण मुंगेर और पूर्णियां जिले में यह लैब स्थापित किये जायेंगे इससे कोरोना जांच में तेजी आयेगी इधर देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के उनहत्तर हजार आठ सौ अठहत्तर मामले सामने आये हैं संक्रमितों की संख्या बढ़कर उनतीस लाख पचहत्तर हजार सात सौ दो हो गयी है अब तक बाईस लाख बाईस हजार पांच सौ अठहत्तर मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी जा चुकी है वहीं पिछले चौबीस घंटों में नौ सौ पैंतालीस रोगियों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर पचपन हजार सात सौ चौरानवे हो गया है मेदांता अस्पताल के मानसिक स्वास्थ्य विभाग के सलाहकार डॉक्टर सौरभ मेहरोत्रा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के समय लोगों को अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए और भ्रामक खबरों से नहीं घबराना चाहिए बाईट हम अपने आपको ड्यूरिंग द डे पॉजिटिव एडिक्शन जिसको बोलते हैं उसमें इंगेज करें जैसे राइटिंग रिडिंग क्रिएटिव आर्टस सच एज ड्राइंग पेंटिंग गार्डनिंग इस तरीके की चीजेंदीज ऑल क्वालिफाइड पॉजिटिव एडिक्शन म्यूजिक ये सब पॉजिटिव एडिक्शनहैं ये स्ट्रेस रिडियूज करने में हमारा बहुत मदद करते हैं

केंद्रीय गृहसचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में यह स्पष्ट किया है कि राज्यों के बीच तथा किसी राज्य के भीतर लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है अनलॉक थ्री के दिशा निर्देशों के पैरा पांच का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि पड़ोसी देशों के साथ हुए सीमापार करने के समझौते के तहत लोगों और सामान के आने जाने के लिए किसी प्रकार के ई परमिट अथवा अलग से किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है पत्र में कहा गया है कि कुछ राज्यों अथवा जिलों में स्थानीय तौर पर आवागमन पर कुछ रोक लगाई गई है जिससे राज्यों के बीच सामान और सुविधाओं के परिवहन में समस्या आ रही है साथ ही इससे आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों पर भी विपरीत असर पड रहा है गृहसचिव ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम दो हजार पांच के तहत गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का इन प्रतिबंधों के कारण उल्लंघन हो रहा है पत्र में दिशा निर्देशों के अनुसार यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इस प्रकार के प्रतिबंध न लगाए जाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिजली विभाग की चार हजार आठ सौ करोड़ रूपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया श्री कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपने संबोधन में कहा कि उनका सपना है राज्य में हर घर प्रीपेड मीटर लग जाये और हर खेत तक पानी पहुंच जाए उन्होंने कहा कि अभी किसानों से प्रति यूनिट पैंसठ पैसे की दर से बिजली शुल्क लिया जा रहा है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एन टी ए ने कहा है कि नीट और जे ई ई परीक्षाओं की तिथि आगे नहीं बढ़ायी जायेगी एजेंसी ने कहा है कि परीक्षा आयोजित करने में शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करने के व्यापक प्रबंध किये गये हैं जे ई ई मेन परीक्षा पहली सितम्बर से छह सितम्बर तक और नीट परीक्षा तेरह सितम्बर को करायी जायेगी एन टी ए ने बताया कि परीक्षा से पहले और बाद में परीक्षा केन्द्रों को सेनिटाइज किया जायेगा और परीक्षार्थी केन्द्र पर नये मास्क और दस्ताने ले सकेंगे एनटीए ने कानून व्यवस्था और बिजली सप्लाई बनाये रखने परीक्षा केन्द्रों के बाहर लोगों की भीड़ रोकने और परीक्षार्थियों के आसानी से आने जाने की व्यवस्था में राज्य अधिकारियों से सहयोग मांगा है गणेश चतुर्थी का पावन पर्व पूरे देश में श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाया जा रहा है यह दिन ब्रद्धि और ऋद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है इस बार कोरोना संकट को देखते हुये राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर गणेश चतुर्थी का आयोजन नहीं हो रहा है इधर मिथिलांचल का लोक पर्व चौठ चंद्र भी आज पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है समस्तीपूर जिले के बिथान थाना क्षेत्र के फ्हिया घाट के पास करेह नदी में एक नाव पलट गई नाव में दस लोग सवार थे जिसमें से तीन लोगों के लापता होने की सूचना है लापता लोगों की तलाश की जा रही है कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड स्थित बघार पंचायत में निर्माणाधीन शौचालय की टँकी में दम घुटने से दो मजदूर की मौके पर मौत हो गई है शेखपुरा सदर अस्पताल से दिनदहाड़े एक नवजात शिशु की चोरी मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर वीर कुंवर सिंह ने अस्पताल में कार्यरत चार ममता स्वास्थ्य कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है साथ ही दो नर्स के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की अनुसंशा की है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और गम्भीर हुई

अब तक छह सौ एक लोगों की महामारी से मृत्यु